मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अभियान का शिमला से शुभारम्भ किया

उन्होंने पात्र लोगों से इस टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाने और अप्वाईटमेंट तय करने को कहा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग अपने कार्यक्रम के अनुसार ही टीका लगवाने आएं उन्होंने लोगों से टीकाकरण के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की अपील भी की

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों के साथ आशा कार्यकर्ता बेहतर समन्वय स्थापित करें ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके मुख्यमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना रोगियों को होम आईसोलेशन से अस्पतालों में स्थानांतरित करने में देर रोगियों की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की पहली लहर के दौरान एक्टिव केस फाइंड़िंग अभियान की सफलता में आशा कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को महामारी के दौरान लोगों को इससे बचाव के बारे में शिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आशा कार्यकर्ताओं की समी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देशवासियों को कोरोना से बचाने और राहत पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है ये कोरोना से लड़ने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है उन्होंने कोरोना से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की ताकि अस्पतालों पर कम से कम दबाव पड़े अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा के समय विपक्ष सरकार का साथ देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रहा है उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति को दुर्भावना से परे बताया और कहा कि इसी विरोध के चलते देश में लाखों की संख्या में वैक्सीन बर्बाद हुई सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिपन अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिए तनाव से मुक्ति और सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उदेश्य से म्यूजिक सिस्टम का शुभारम्भ किया उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोरोना रोगियों की मनोदशा को सहज और सकारात्मक भाव तैयार करने के लिए प्रत्येक वार्ड में इस प्रणाली के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध होगा उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के आरंभ होने से कोरोना वार्ड में रोगी अवसाद से बचने में सक्षम होंगे सुरेश भारद्वाज ने बाद में नगर निगम शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यो का निरीक्षण किया

किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कांगड़ा और चंबा जिलों में कोरोना से मुकाबले के लिए चिकित्सा राहत सामग्री भेजने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है किशन कपूर ने आज धर्मशाला में बताया कि यह राहत सामग्री प्राप्त हो गई है और इससे दस हजार कोरोना रोगियों व पुलिस कर्मियों को मदद मिलेगी उधर नाहन में भी आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई मेडिकल उपकरणों की खेप पहुंच गई है भाजपा नेताओं राजीव बिंदल रीना कश्यप बलदेव भंडारी और बलदेव तोमर ने इन उपकरणों की खेप जिलाधीश को सौंपी